सरकार ने विभिन्न बोर्डो व निगमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किए नियुक्त लाहौल स्पिति में हिमपात से प्रभावित बिजली आपूर्ति को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी मुख्यमंत्री राज्य सरकार अगले वर्ष फरवरी महीने में धर्मशाला में मेगा निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगी ताकि प्रदेश को उद्यमियों के लिए संभावित निवेशक गंतव्य बनाया जा सके ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की जल्द मंजूरी और प्रभावी अनुश्रवण के लिए तैयार किए गए हिम प्रगति पोर्टल के अवसर पर कही विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता संजीव सुंदरियाल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने बताया कि हिम प्रगति पोर्टल से विभिन्न औद्योगिक ऊर्जा सहित अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं की तेजी से मंजूरी और प्रभावी ऑन लाईन निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी उन्होंने बताया कि सरकार हिमाचल को निवेशकों की पहली पंसद का स्थान बनाने के लिए मौजूदा औद्योगिक नीतियों की समीक्षा भी करेगी जयराम ठाकर ने कहा कि इस सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी मृख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा सुशासन निवेशक मित्र वातावरण आसान व्यवसाय विद्युत की अधिकता और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध है उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं की जल्द स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं

जयराम राज्य सरकार प्रदेश में राजनीतिक सोच में बदलाव के साथ सामाजिक सोच में भी व्यापक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य कर रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में जनसमस्याएं सुनने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि समाज के गरीब और वंचित व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार हर वर्ग को विकास और उन्नति के समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है इससे पहले मुख्यमंत्री ने ज्वालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की

प्रधान सचिव ओंकार शर्मा जो मौजूदा समय में टीसीपी का कार्यभार देख रहे हैं ने बताया कि एक्ट के लागू होने से इन स्थानों पर योजनाबद्व तरीके से विकास कार्य किए जाएंगे

सोलन सब्जी मंडी में सिरमौर सहित अन्य स्थानों से मटर की फसल पहुंच रही है और मटर के बेहतर दाम मिलने से खूश हैं

बिंदल ने कहा कि इसके अलावा धौलाकुआ में चार नए उच्च शक्ति के ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जमटा नावड़ी कत्याण गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए चार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कवर ने ऊना जिले के राजकीय महाविद्यालय बंगाणा में आज स्टेडियम व पैवेलियन का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा और कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्यरत है

इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने विद्यार्थियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास करने और पढ़ाई के साथ साथ खेलों व अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य नेटवर्क को मज़बूत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त को हिमफैड का अध्यक्ष बनाया गया है इसके अलावा विजय अग्निहोत्री को राज्य पथ परिवहन निगम का उपाध्यक्ष राम कुमार को एचपीएसआईडीसी प्रवीण शर्मा को हिमुडा रूपा शर्मा को सक्षम गुडिया बोर्ड और सूरत नेगी को वन निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसी तरह मनोहर धिमान जीआईसी दर्शन सैनी राज्य जल प्रबंधन बोर्ड बलदेव तोमर खाद्य व आपूर्ति निगम जबकि राम सिंह एचपीएमसी के उपाध्यक्ष होंगे बलदेव भंडारी भाजपा नेता बलदेव भंडारी ने आज शिमला में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला लिया इस नियुक्ति के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र व कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा का आभार जताया विधायक सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर बलदेव भंडारी की नियुक्ति पर धन्यवाद किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा कि बलदेव भंडारी की नियुक्ति से सरकार और किसानों को बल मिलेगा कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा और परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे महाअष्टमी शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन आज महाअष्टमी देशभर में मनाई जा रही है यह दिन मॉ दुर्गा के आठवें अवतार महागौरी को समर्पित है मान्यता है कि मां का यह रूप अमोघ फलदायिनी है इनकी पूजा से पूर्वसंचित पाप नष्ट हो जाते हैं और कई अलौलिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं इस मौके नन्हीं कन्याओं का विशेष रूप से पूजन किया गया और इस के बाद लोगों ने अपने उपवास खोले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मॉ दुर्गा सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाये और समाज से बुराई का अंत हो मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी और नवमी की बधाई दी महाअष्टमी पर प्रदेश के शक्तिपीठों सहित विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालू मन्दिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं सोलन स्थित मां शूलिनी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है लाहौल बिजली लाहौल स्पिति जिले में सितम्बर माह में हए हिमपात के कारण प्रभावित बिजली आपूर्ति को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है

हंसराज प्रदेश हैंडीकाफ्ट व हैंडलूम कॉरपोरेशन ने चंबा ज़िले के भंजराड़ू उपमंडल में आज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया इस अवसर पर उन्होंने भंजराडू में वुड काफ्ट सेंटर और तीसा में शॉल बुनाई केन्द्र का श्भारंभ भी किया

हैंडीकाफ्ट व हैंडलूम कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल भी इस मौके मौजूद रहे नीति आयोग नीति आयोग ने गैर संचारी रोगों से निपटने में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में आदर्श दिशा निर्देश जारी किये हैं इनके अंतर्गत निजी क्षेत्र के भागीदार मानव संसाधनों को अपग्रेड करने उन्हें विकसित करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए निवेश करेंगे ये भागीदार कार्यक्रम के प्रबंधन और लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का जिम्मा निभाएंगे

पैराग्लाइडिंग कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में आयोजित सेना की पहली पैरा ग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप प्रतियोगिता आज संपन्न हुई तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में भारतीय थल सेना के नायक आशीष ने पहला स्थान हासिल किया जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर भी थल सेना का ही दबदबा रहा जम्मू कश्मीर के आर्मी कमांडर लैफिटनेंट जनरल रणवीर सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया मैराथन कुल्लू जिला आपदा प्रबंधन ने युवा सेवाएं व खेल विभाग और अन्य संस्थाओं के सहयोग से आज कुल्लू में मिनी मैराथन रन फॉर सालिडैरिटी का आयोजन किया एडीएम अक्षय सूद ने बताया कि लोगों को आपदा प्रबंधन स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करने के उदेश्य से जिला आपदा प्रबंधन द्वारा हर वर्ष मैराथन का आयोजन किया जाता है उन्होंने बताया कि इसमें करीब एक हजार लोगों ने भाग लिया और पहले चार स्थान हासिल करने वाले धावकों को पुरस्कृत भी किया गया